आरोप प्रत्यारोप जारी

उन्नीस मई को होने वाले सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है इस चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा और काराकाट संसदीय क्षेत्र में आयोजित चूनावी सभाओं में कहा कि राजनीति में मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए तभी लोकतंत्र मजबूत होगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सासाराम और भभुआ में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि एनडीए सरकार के कार्याकाल में दूर्गावती जलाशय परियोजना की शुरूआत हुई इसका लाभ क्षेत्र के किसानों को मिलेगा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बक्सर में आयोजित सभा में कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार आतंकियों का सफाया उनके घर में घुस कर करने का दम रखती है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरा और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि महागठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है इस लड़ाई में आम जनता को भी शामिल होना चाहिए सभा को राजद के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने भी संबोधित किया हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को गुमराह किया है उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरफ विफल है उधर पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस उम्मीदवार शत्र्घ्न सिन्हा ने सघन जन सम्पर्क अभियान चलाया और कई सभाओं को भी संबोधित किया पाटलिपूत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव और राजद की उम्मीदवार मीसा भारती ने भी अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सासाराम में भाजपा उम्मीदवार छेदी पासवान और बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे जबकि पन्द्रह मई को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में चूनावी सभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोलह मई को पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में पटना में रोड शो करेंगे जबकि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में बिक्रम में आयोजित चूनावी सभा को संबोधित करेंगे उधर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा और दनियावां में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सासाराम जहानाबाद और नालंदा में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आरा में सभा को संबोधित करेंगे प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण वैशाली सिवान शिवहर गोपालगंज और महाराजगंज में छिटप्रट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया छठे चरण में उनसठ दशमलव तीन आठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सबसे अधिक पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र में तिरसठ दशमलव नौ शून्य प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं सबसे कम महाराजगंज में बावन दशमलव एक दो प्रतिशत मतदान हुआ उन्होंने बताया कि वाल्मिकीनगर में तिरसठ दशमलव आठ शून्य प्रतिशत और वैशाली में इकसठ दशमलव तीन सात प्रतिशत वोटिंग हई है प्रर्वी चंपारण में अठावन दशमलव सात शून्य और गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में उनसठ दशमलव दो शून्य प्रतिशत मतदान हुआ शिवहर में साठ प्रतिशत और सीवान में छप्पन दशमलव सात पांच प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया पिछले लोकसभा चूनाव की तूलना में इन आठों सीटों पर दो दशमलव एक तीन प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान एहतियात के तौर पर दस लोगों को हिरासत में लिया गया उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष में दो सौ पन्द्रह शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से दो सौ छह का निष्पादन कर दिया गया शेष के निष्पादन के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है श्री श्रीनिवास ने कहा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या दो सौ पचहत्तर में होमगार्ड जवान द्वारा फायरिंग के कारण मतदान कर्मी शिवेन्द्र किशोर जख्मी हो गये थे उन्हें इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेमोरियल कॉलेज और अस्पताल मुफ्फरपुर में भर्ती कराया गया था जहां उनकी मृत्यु हो गयी उन्होंने कहा कि शिवेन्द्र किशोर के परिजनों को तीन दिनों के अन्दर पन्द्रह लाख रूपये मुआवजा राशि दी जायेगी निर्वाचन आयोग ने बेगूसराय जिले में लोकसभा चूनाव प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह की सांप्रदायिक टिप्पणियों को आपत्तिजनक माना है आयोग ने उनके बयानों की निंदा की और सतर्कता बरतने को कहा निर्वाचन आयोग ने कहा कि गिरिराज सिंह ने चुनाव आचार संहिता और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बिरहा सम्राट के तौर पर मशहूर गायक पद्मश्री हीरा लाल यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री यादव का रविवार को वाराणसी में निधन हो गया था वह तिरासी वर्ष के थे श्री यादव कई महीने से बीमार चल रहे थे राज्यपाल लालजी टंडन ने माता जानकी के जन्मोत्सव जानकी नवमी के मौके पर प्रदेश और देश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है श्री टंडन ने कहा कि मां जानकी का दिव्य जीवन चरित्र आदर्श भारतीय नारीत्व का प्रतीक रहा है उत्तर बिहार के सीतामढ़ी समेत कई जिलों में कल देर रात गरज के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है उधर राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही हल्के बादल छाये रहने के कारण आज तापमान में आंशिक गिरावट होने की सम्भावना है मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार से लेकर झारखंड तक ट्रफ लाईन बनने के कारण आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है जिससे भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हवा में नमी की मात्रा कम होने के कारण झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान रहे गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया भागलपुर के सैंडिस कम्पाउंड में खेले गये हेमन ट्राफी सुपर लीग का खिताब बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने जीत लिया है फाईनल मुकाबले में अध्यक्ष एकादश ने भागलपुर को पारी और इक्यानवे रनों से पराजित कर दिया दरभंगा और सारण जिले में नदियों में डूबने से पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी दरभंगा जिले के तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में बागमती नदी में ड्रबने से तीन व्यक्ति जबकि सारण जिले के मांझी में सरयू नदी में डूबने से दो व्यक्ति की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने छठे चरण में हुये मतदान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार पिछड़ा बंगाल अस्सी के पार दैनिका भाष्कर ने इसी खबर को आकर्षक शीर्षक और आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की एक अन्य खबर है सुबे में स्थायी शिक्षकों की भर्ती बंद करने को मंजूरी प्रभात खबर ने खेल से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अंतिम गेंद पर एक रन से हारी चेन्नई मुंबई चौथी बार चैंपियन

आरोप प्रत्यारोप जारी